कोरोना कैबिनेट स्वास्थ्य अध्यादेश केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महामारी आपदा अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है अब स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसक कार्रवाई को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बना दिया गया है अध्यादेश में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहंचाने या संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस से देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए उन पर हमले दुर्भाग्यपूर्ण हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा और उन्हें नुकसान पहुंचाने को सहन नहीं किया जाएगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के मामले की जांच तीस दिन के अंदर पूरी की जाएगी और अधिकतम एक वर्ष के अंदर न्याय किया जाएगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के दोषी को तीन से पांच महीने की कैद तथा पचास हजार से दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को छह महीने से सात वर्ष की कैद हो सकती है ऐसे दोषियों पर एक लाख से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों या क्लीनिक को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों से क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के मूल्य का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा कोरोना गृह मंत्री बैठक इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय चिकित्सा संघ के डॉक्टरों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये बैठक की और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया श्री शाह ने डॉक्टरों की हर तरह से और विशेष रूप से कोरोना से लड़ने में भूमिका की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि वे ऐसी ही निष्ठा के साथ आगे भी काम करते रहेंगे श्री शाह ने स्वास्थ्यकर्मियों पर हाल ही में हुए हमलों की निंदा की और कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टरों से जुड़े सभी मुद्दों और उनकी चिंताओं पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं कोरोना पीडीएस चावल प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम और प्रबंधन के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के गरीब परिवारों को जून माह का भी चावल निःशुल्क प्रदान करने के निर्देश दिए हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डधारियों को जून माह के चावल के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के हितग्राहियों को अप्रैल से जून यानी तीन माह का अतिरिक्त चावल भी निःशुल्क वितरित किया जाएगा खाद्यान्न का वितरण उचित मूल्य की दुकानों से आगामी एक मई से शुरू किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय प्राथमिकता निःशक्तजन एकल निराश्रित और अन्नपूर्णा राशन कार्डधारियों को निःशुल्क चावल वितरित करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सामान्य राशन कार्डो में पूर्व से प्रचलित पात्रता और मूल्य के अनुसार चावल वितरित किया जाएगा लॉकडाउन रिजर्व बैंक किसान छूट भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से किसानों के लिए लघु अवधि के फसल ऋण पर ब्याज छूट और शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन लाभ इकतीस मई तक बढ़ाने को कहा है रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि कई किसान राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी में भुगतान के लिए बैंक शाखाओं तक आने में असमर्थ हैं इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि भूगतान में विलंब पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाए और ब्याज छूट योजना मई महीने के अंत तक जारी रखी जाए केन्द्रीय बैंक ने लघु अवधि फसल ऋण सहित सभी ऋणों पर कोई शुल्क नहीं लेने का भी निर्देश जारी किया गया है कोरोना आईआईटी पीपीई छत्तीसगढ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भिलाई ने भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ मिलकर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का हैड कवर विकसित किया है

इच्छुक जिला प्रशासन भोजन के पैकेट ले जाकर जरूरतमंदों में बांट सकते हैं ये जानकारी देश के सभी जिला प्रशासनों को दी गई है भोजन के एक पैकेट की कीमत पंद्रह रूपये है राज्य सरकारें इनका भुगतान बाद में भी कर सकती हैं आईआरसीटीसी मांग के अनुसार पके हुए भोजन के पैकेटों की संख्या बढ़ाने पर सहमत हो गया है भारतीय रेलवे रोजाना लगभग एक लाख निःशुल्क भोजन के पैकेट बांट रही है कोरोना मालवाहक निर्देश अस्पताल राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर अन्य राज्यों से आवश्यक वस्तुओं को लेकर आने वाले द्रकों और अन्य मालवाहकों के चालकों परिचालकों और हम्मालों के ठहरने की अलग से व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रायपुर के माना में कोरोना संक्रमण के मरीजों के इलाज के लिए सौ बिस्तर वाला विशेषीकृत अस्पताल तैयार किया गया है अस्पताल में चौबीस बिस्तरों का आईसीयू भी बनाया गया है कोरोना शराब दुकान बंद राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी मदिरा दुकानें और राज्य वेबरेजेस कॉर्पोरेशन के रायपुर बिलासपुर में स्थित गोदामों और जिलों में शराब भंडार गृहों को आगामी अट्ठाईस अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया है साथ ही प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट होटल बार और सभी क्लबों को भी अट्ठाईस अप्रैल तक बंद करने का आदेश जारी किया है पूर्व में सरकार ने इक्कीस अप्रैल तक शराब दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया था जिसे बढ़ाकर अब अट्ठाईस अप्रैल कर दिया गया है लॉकडाउन छूट रायपुर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवा और वस्तुओं के अलावा कई और दुकानों तथा संस्थाओं को खोलने की अनुमति दी है कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने इन संस्थानों और द्कानों को खोलने के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दिया है आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स हॉस्पिटल अनाज सब्जी मण्डी खाद्यान्न राईस मिल पेट्रोल पम्प गैस सिलेंडर खाद बीज कृषि यंत्रों और कृषि उपकरण की दुकानें सुबह से शाम चार बजे तक खोली जा सकेंगी वहीं बीमा और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के अलावा सीमेंट और सरिया की दुकानें सुबह ग्यारह बजे से दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी प्लंबर इलेक्ट्रीशियन ऑटो मोबाइल की दुकानें भी सुबह ग्यारह बजे से दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी वहीं बेकरी की घर पहुंच सेवा उपलब्ध होगी उधर जांजगीर चांपा कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान कंटेन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्रों में अतिरिक्त गतिविधियां संचालन की अनुमति संबंधित संशोधित आदेश जारी किया है इसमें किताबों की दुकान बिजली पंखें की दुकान वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख हेतु उनके घरों में सेवाएं दे रहे केयर गिवर बेडसाइट अटेंडेंट को भी शामिल किया गया है प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज दुकानों को भी खोलने की सुविधा दी गई है

दुर्ग जिले की सुपेला थाना पुलिस ने लॉकडाउन घोषित होने के पहले दिन से ही गरीब परिवारों और घर से बाहर फंसे जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने का बीड़ा उठाया है पुलिसकर्मियों द्वारा कृष्णा नगर में भोजन तैयार करने के बाद भोजन को वाहन में ले जाकर नेहरू नगर चौक सुपेला सब्जी मंडी और चंद्रा मौर्या अंडरब्रिज के पास जरूरतमंद लोगों को बांटा जा रहा है इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी नियमों का पालन किया जा रहा है वहीं राजनांदगांव जिले में प्रशासन ने लॉकडाउन में छूट के दौरान व्यापारियों को टोकन सिस्टम लागू करने को कहा है कलेक्टर जेपी मौर्य ने व्यापारी संघ चेंबर ऑफ कॉमर्स और परिवहन संघ के पदाधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए इस बीच कलेक्टर ने गुटखा तम्बाकू और गुड़ाखू के क्रय विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है उधर कोरिया जिले में जिला प्रशासन ने सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में अनाज बैंक की स्थापना की है इसके माध्यम से जरूरतमंदों को अनाज और तेल साबुन जैसे अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है वहीं लॉकडाउन अवधि में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा तथा अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए दस एंब्लेंस की व्यवस्था की गई है इधर सूरजपुर जिले में राज्य के अन्य इलाकों और दूसरे राज्यों के छह सौ से अधिक श्रमिकों को इकतीस राहत केन्द्रों में ठहराया गया है शिविर में श्रमिकों द्वारा बांस से ट्री गार्ड का निर्माण किया जा रहा है जिसे वन विभाग खरीद रहा है दो दिनों में ही इन श्रमिकों को तीस हजार रूपये से अधिक का भूगतान किया गया है प्रत्येक श्रमिक को एक दिन में ही लगभग साढ़े तीन सौ से चार सौ रूपये तक की आमदनी हो रही है

कलेक्टर पीएस एल्मा ने बताया कि लॉक्डाउन के पहले और दूसरे चरण में भी जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है वहीं बीजापुर जिले में माओवादी मोर्चे पर तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने ग्रामीणों को शिविर लगाकर कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी इस दौरान जवानों ने ग्रामीणों और सैनिटाईजर का वितरण भी किया महासमुंद जिले में कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर अनुसूचित जनजाति और वन अधिकार मान्यता प्राप्त हितग्राहियों को सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं इसी जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान द्वारा गठित महिला स्व सहायता समूह की सदस्य ग्रामीणों को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय बता रही हैं जिले के इकतालीस समूह की एक सौ तीस सदस्य मास्क बनाने का कार्य भी कर रही हैं समूह द्वारा अब तक लगभग बारह हजार मास्क बनाए गए हैं इधर राजधानी रायपुर में जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने पूरा शहर एकजुट हो रहा है आज परोपकार फाउंडेशन के सदस्यों ने पच्चीस सौ राहत पैकेट डोनेशन ऑन व्हील्स पर अन्नदान किया

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अब तक दो लाख से अधिक जरूरतमंद श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया गया है उधर बिलासपुर जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा एक लाख तेरह हजार मास्क तैयार किए गए है जिसे ग्राम पंचायतों और शासकीय कार्यालयों में निःशुल्क वितरित किया जा रहा है गांवों में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाईजेशन के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है केन्द्र पीडीएस लॉकडाउन के दौरान लोगों को परेशानी न हो इसके लिए उन्हें उचित मूल्य दुकानों से निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है दंतेवाड़ा के मोहन ठाकुर ने बताया कि इस समय जबकि रोजगार नहीं है तब यह निःशुल्क खाद्यान्न उनके लिए काफी बड़ी राहत साबित हुआ है

इससे उन्हें कृषि कार्य में मदद मिलेगी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए वेबपोर्टल तैयार करने की जिम्मेदारी चिप्स को सौंपी है शुरूआती तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के पोर्टल पर पांच फ्लैगशिप योजनाएं नरवा गरूवा घुरूवा बाड़ी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक मुख्यमंत्री शहरी स्लम अस्पताल और मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजनाओं को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं आवश्यक होने पर इनमें अन्य योजनाएं भी जोडी जा सकेंगी गौठान जियो टैगिंग प्रदेश में ग्रामीणों को अब जियो टैगिंग के माध्यम से नजदीकी गौठान की सही जानकारी मिल सकेगी फिलहाल तैंतीस सौ से अधिक गौठानों की जियो टैगिंग की जा चुकी है जियो टैगिंग करने से न सिर्फ गौठान के लोकेशन की जानकारी मिलेगी बल्कि पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान और बधियाकरण जैसे कार्यों के लिए पशुपालकों और पशुपालन विभाग को भी आसानी होगी विभागीय वेबसाइट एनजीजीबी डॉट सीजी डॉट एन आईसी डॉट इन में जियो टैगिंग गौठान बटन दबाने पर नक्शे पर गौठान की स्थिति प्राप्त की जा सकती है गौरतलब है कि फिलहाल राज्य की आधे से अधिक ग्राम पंचायतों में गौठान के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं लगभग दो हजार गौठान पूर्ण हो चुके हैं कोयला खुदाई मौत कोरबा जिले के हसदेव नदी क्षेत्र में कोयला खदान से कोयला निकालने के दौरान दो लोगों की मौत हो गई इनमें एक महिला भी शामिल हैं मिली जानकारी के अनुसार कोरबा पुरानी बस्ती के दो लोग कोयला निकालने नदी किनारे गए थे बीती रात दोनों कोयला खोदकर खदान से निकल रहे थे तभी अचानक खदान में रेत धंस गई इस हादसे में दोनों की मौत हो गई सुबह घटना की जानकारी लोगों को हुई मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने शव को बाहर निकाला

उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपनी जान जोखिम में डालकर कोई भी नदी किनारे इस तरह कोयले की खुदाई न करें

इसे पर्यावरण रक्षा के लिए विश्वव्यापी सहयोग प्रदर्शन के वास्ते मनाया जाता है पहला पृथ्वी दिवस वर्ष उन्नीस सौ सत्तर में मनाया गया था

यह पुरस्कार वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा